नमो एप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार आवास क्षेत्र को बिचौलियों और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए काम कर रही है ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के अपना मकान मिल सके श्री मोदी ने नमो एप के जरिये आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि सरकार आवास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है

श्री मोदी ने कहा कि आवास निर्माण क्षेत्र में आधुनिक तकनीक अपनायी जा रही है और इससे शहरों तथा गांवों में गरीबों के लिए सस्ते दरों पर मकानों का जल्दी निर्माण किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं दिव्यांगजनों अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को मकान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि पॉलीथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने से एक हफ्ते पहले पूरे प्रदेश में पॉलीथीन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा उन्होंने उत्तराखण्ड को पॉलीथीन मुक्त राज्य बनाने के लिए सामाजिक संगठनों के अलावा जन सहयोग को आवश्यक बताया है विधानसभा अध्यक्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र परिसर में पौधरोपण किया इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए लोगों को इसके प्रति सचेत रहने का आहवान किया

इस मौके पर आकाशवाणी के केंद्राध्यक्ष विभूति भूषण भट्ट दूरदर्शन एवं आकाशवाणी समाचार के प्रमुख राघवेश पांडेय कार्यक्रम प्रमुख शिवराम सिंह रावत सहित केंद्र के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे हस्तशिल्प मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि बाजार की मांग के अनुसार हस्तशिल्प के उत्पाद तैयार कराए जाने चाहिए हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद के शासी निकाय की बैठक में उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल विशेष तौर पर रिंगाल और बांस की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने कच्चे माल के रुप में भीमल के रेशे का उपयोग करने का सुझाव भी दिया

उत्तरकाशी के नाकरी और पिथौरागढ़ के मुन्स्यारी व धारचूला में ऊर्नी शिल्प पर जबकि काशीपुर और श्रीनगर में काष्ठ शिल्प के तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ सैन्य छावनी में इन दिनों भारत नेपाल की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है जिसमे दोनों देश की सेनायें आपदा प्रबंधन और युद्धकला जैसी अनेक विधाओ को एक दूसरे से साझा कर रही हैं

भारत और नेपाल की सेनाओ के बीच यह तेरहवां संयुक्त अभ्यास है प्लाट्रन स्तर पर शुरू हुए इस युद्धाभ्यास को वुहद कर अब बटालियन स्तर पहुंचा दिया गया है युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों को आतंवादियों से निपटने की कला के साथ ही रणनीतिक अभियानों जैसे घेराबंदी छापामार युद्ध तलाशी अभियान खोज और बचाव संयुक्त अभ्यास और विशिष्ट हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रद्षण की रोकथाम विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल ने लोगों से पर्योवरण को बचाने की अपील की है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि हमें धरती को हरा भरा बनाए रखना चाहिए उन्होंने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने पर जोर दिया है उन्होंने प्रदेशवासियों से प्लास्टिक का प्रयोग छोड़ने का आहवान किया है रिस्पना से ऋषिपर्णा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज देहरादून के दौड़वाला में मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा के तहत वृक्षारोपण के लिए गड्ढे तैयार किए गए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक विनोद चमोली भाजपा महानगर अध्यक्ष विनय गोयल गढवाल राईफल के जवानों और स्थानीय लोगों ने दौड़वाला में वृक्षारोपण के लिए गड्ढे तैयार किये

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना से ऋषिपर्णा सरकार का दीर्घकालिक और महत्वाकांक्षी अभियान है उन्होंने बताया कि इस मिशन में स्थानीय लोगों के अलावा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संगठनों संस्थाओं एवं अन्य प्रदेशों के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि बैंकिंग सुविधाओं का लाभ सूद्रवर्ती क्षेत्रों और कमजोर तबके के लोगों तक पहंचाने के लिए बैंकों को मिशन के तौर पर काम करना होगा

मौसम प्रदेश के कुछ स्थानों में अगले दो दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है

विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश में आमतौर पर बादल छाए रहेंगें और राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान वृक्षारोपण रैली गोष्ठी और अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए उत्तराखंड पूलिस ने ऊधमसिंह नगर जिले और इसके आसपास के क्षेत्र में सक्रिय दो संदिग्ध माओवादियों को गिरफ्तार किया है

यह मैच रात आठ बजे शुरू होगा पिछला मुकाबला जीतकर अफगानिस्तान की टीम सीरीज में एक शून्य से आगे है

भिक्षावृत्ति के सबसे अधिक मामले हरिद्वार जिले से सामने आए हैं